विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की अन्तिम वर्ष की कक्षाओं कोचिंग सेन्टर तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी इसी तारीख से खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं

शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां मिशन मोड में पूरी की जाएं उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर केवल प्रमाणिक और पुख्ता जानकारी ही मीडिया में प्रसारित होनी चाहिए ताकि भ्रांतियां ना फैले

केन्द्र सरकार का यह निर्णय राजस्थान सहित कई राज्यों में पक्षियों की बड़ी संख्या में हो रही मृत्यु के बाद लिया गया है

किसी भी पक्षी की मौत होने पर उसका सैम्पल जांच के लिए लैब में भेजा जाए और वैज्ञानिक विधि से मृत पक्षियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए

श्री गहलोत ने कहा कि फिलहाल राजस्थान में मुर्गियों में इस रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है फिर भी पशुपालन विभाग के अधिकारी पोल्ट्री संचालकों को जागरूक करें और विशेष सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित करें पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉ आरूषी मलिक ने बताया कि पोल्ट्री संचालकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई है

उन्होंने कहा कि राज्य के मुर्गीपालकों को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ये कल जयपुर में अधिकारियों के साथ मुर्गीपालन व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अंतिम निर्णय सरकार करेगी

आज का प्रश्न है टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौनसे दस्तावेज आवश्यक है इसका जवाब है आधार ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पैन कार्ड पासपोर्ट जॉब कार्ड और पेंशन दस्तावेज से पंजीकरण करवाया जा सकता है इनके अलावा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड मनरेगा कार्ड सांसदों विधायकों तथा एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पास ब्रक तथा केन्द्र राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड से भी पंजीकरण करवाया जा सकता है

चार जिलों भरतपुर दौसा झुंझुनूं और करौली में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है

कल जयपुर में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न देशों से प्रदेश में आए यात्रियों पर विशेष नजर रखने को कहा है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोताओं का संदेश

यह घटना विमान एयरबेस स्टेशन के अंदर रन वे पर हुई

कई जगह घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने से सर्दी के असर में भी बढ़ोतरी हुई है हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई आज भी राजधानी जयपुर सहित कई जगह घना कोहरा छाया हुआ है